कल से शुरू होने वाले इस अभियान में कई मंत्रालय शामिल हो रहे हैं और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपूर्ण पोषण के विचार को मूर्त रूप प्रदान करेगा जिसका लक्ष्य दो हजार बाईस तक कुपोषण को समाप्त करना है पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुपोषण पर बात करते हुए कहा था आज जागरूकता के अभाव में कुपोषण से गरीब भी और संपन्न भी दोनों ही तरह के परिवार प्रभावित हैं पूरे देश में सितंबर महीना पोषण अभियान के रूप में मनाया जायेगा

अगर आप एकाध व्यक्ति को भी कुपोषण से बाहर लाते हैं मतलब हम देश को कुपोषण से बाहर लाते हैं इससे पहले केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं सहित सभी संबद्द लोगों से अपील की थी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान की सफलता के लिये लखनऊ में कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को संबोधित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये वर्ष दो हजार अट्ठारह में शुरू किये गये राष्ट्रीय पोषण मिशन के अन्तर्गत दो हजार बाईस तक देश को कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा पोषण अभियान चलाया जा रहा है राष्ट्रीय पोषण माह के संबंध में सभी स्टेकहोल्डर्स विभागों की आयोजित इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग समन्वय स्थापित करते हुए अभियान की सफलता के लिये एकजुट होकर प्रयास करे आयकर रिटर्न दाखिल करने की आज अंतिम तिथि है आयकर विभाग ने सोशल मीडिया की उन खबरों का खण्डन किया है जिसमें कहा गया था कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि को एक महीने के लिए बढ़ाया गया है एक ट्वीट में आयकर विभाग ने लोगों को आज ही अपने रिटर्न दाखिल करने की सलाह दी तेईस जुलाई को सरकार ने वित्त वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस के लिए व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि को बढ़ाकर इक्कतीस अगस्त कर दिया था इससे पहले अंतिम तिथि इक्कतीस जुलाई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शिक्षण संस्थाओं को समाज के नेतृत्व का केन्द्र बिन्दु बनना होगा और इसके लिए उन्हें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका समझनी होगी यह तभी सम्मव होगा जब संस्थाएं परम्परागत शिक्षण प्रणाली के साथ साथ रचनात्मकता और नवाचार को भी स्थान देंगी मुख्यमंत्री श्री योगी आज गोरखपुर के दिग्विजय नाथ पी जी कॉलेज की स्थापना के पचासवीं साल गिरह के अवसर पर आयोजित सात दिन के समारोह के समापन सत्र् को सम्बोधित कर रहे थे महन्त दिग्विजय नाथ द्वारा स्थापित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हम अपनी शिक्षण संस्थाओं को कैसे समाजोपयोगी बनाएं इस पर विचार विमर्श करना होगा समारोह के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन प्रोफेसर डीपी सिंह ने कहा कि भारत की मुल चेतना आध्यात्मिक है और संतों ने हमेशा ही देश का मार्गदर्शन किया है कार्यक्रम में आईआईटी बीएचयू के प्रोफेसर वीरामानाथन् ने बतौर विशिष्ट अतिथि महन्त दिग्विजय नाथ और महन्त अवेद्यनाथ को धर्म रक्षार्थ महामानव बताया उन्होंने छात्र छात्राओं के नवाचारो पर ध्यान देने की सलाह दी उत्तर प्रदेश विधानसभा महात्मा गांधी की एक सौं पचासवीं जयन्ती पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत समन्वित विकास के लक्ष्यों पर लगातार अड़तालिस घण्टे विचार विमर्श करेगी यह लगातार अड़तालिस घण्टे चलने वाला ऐतिहासिक सत्र होगा इसके मध्य कोई अवकाश नहीं होगा विधानसभा के इस विशेष सत्र का निर्णय कल विधान सभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में सभी दलों के नेताओं द्वारा सर्वसम्मति से विधान भवन में लिया गया इस सत्र में गरीबी क्पोषण रिक्षा पर्यावरण आदि सतत् विकास के कार्यक्रमों पर मंथन करने का अवसर प्राप्त होगा प्रदेश में कल से पॉलीथिन थैलों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि इस संबंध में सरकारी आदेश की अवहेलना पर स्थानीय पुलिस स्टेशन और उनके प्रभारी जिम्मेदार ठहराए जाएंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी राज्य में पॉलीथिन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया हुआ है प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी ने आज बलिया में कहा कि हमारा यह प्रयास होगा कि गांव में खेले जाने वाले परंपरागत खेलों को जीवंत किया जाए इसके लिए हर ग्राम पंचायत में खेल मैदान विकसित किए जायेंगे अगर कहीं अतिक्रमण है तो उसे न सिर्फ खाली कराया जाएगा बल्कि अतिक्रमण करने वाले पर कानूनी कार्रवाई भी होगी इसमें पंचायती राज विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा श्री तिवारी ने कहा कि पूरा जोर युवाओं को प्रेरित करने पर होगा